इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी एपीएल और बीपीएल परिवारों को निशुल्क बिजली मुहैय्या कराने के लिए गत पच्चीस सितंबर को शुरु किया था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कॉरपोरेशन के साथ आज ईटानगर में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए निर्धारित समयसीमा दिसंबर दो हजार अट्ठारह तक इसे पूरा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर ई सी को राज्य विद्युत विभाग और विभिन्न कार्रकारी विभागों के साथ मिलकर कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि एपीएल और बीपीएल परिवारों तक सिर्फ बिजली के तार पहुंचाने के बजाय इसकी सफलता के लिए इन सभी घरों में लाईटिंग होना चाहिए बैठक में विद्युत मंत्री तामियों तागा मुख्यसचिव सत्य गोपाल वित्त सचिव कालिंग तायिंग ऊर्जा आयुक्त जी एस मीना और आर ई सी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पी वी रमेश सहित संबंद्व विभाग के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष इकतीस दिसंबर तक सभी घरों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों को मुहैय्या करायेगी अरुणाचल प्रदेश में इस योजना के तहत चौवालीस हजार आठ सौ छह घरों का विद्युतीकरण किया जायेगा जिसमें चौदह हजार एक सौ तेरह बीपीएल परिवार शामिल है इसमें से उनतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर घरों को ऑन ग्रीड कनेक्शन और पांच हजार तीस घरों को ऑफ ग्रीड कनेक्शन से जोड़ा जायेगा निर्वासित तिब्बतन संसद के सदस्य पेमा जुंगने ने आज राजभवन में राज्यपाल बी डी मिश्रा के साथ मुलाकात की उनके साथ एक अन्य सदस्य लामा पुंगा सोथुप और केंद्रीय तिब्बतन प्रशासन के अधिकारी जी टी यांगद्रप भी थे उन्होंने पिछले साठ वर्षों से भारत द्वारा तिब्बती लोगों की सहायता के प्रति आभार व्यक्त किया राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा प्रलिस कॉलोनी और स्टेटिस्टिक्स कॉलोनी के बीच क्षतिग्रस्त सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के लिए कल से पांच दिनों के लिए इस ब्रिज से यातायात पर रोक लगा दिया है

बैठक के दौरान राज्यपाल ने पार्षदों से आवासीय और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा

राज्यपाल ने शत प्रतिशत साक्षारता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए छह वर्ष के अधिक उम्र के सभी बच्चों को अपने वार्ड के विद्यालयों में भेजने के लिए पार्षदों से उन्हें प्रोत्साहित करने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक द्रष्टि से सशक्त महिलाए सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कारगर भूमिका निभा सकती हैं विभिन्न एव सहैता समूहों से जुड़ी देश भर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना जरुरी है उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यमशील होती है और उन्हें सिखाने की जरुरत नहीं पड़ती उन्हें तो बस काम करने का अवसर चाहिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री आलोह लिबांग ने खुशहाल जीवन के लिए छोटे परिवार की वकालत की है एक सार्थक कल की श्रुआत परिवार नियोजन के साथ विषय पर आधारित विश्व जन संख्या दिवस कार्यक्रम को कल ईटानगर में संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों और युवाओं से यह संदेश घर घर फैलाने की अपील की केंद्र सरकार ने करों से जुड़े मामलों में अपील दायर करने की सीमा बढ़ा दी है

केंद्र गृह मंत्रालय ने प्रलिस सेवा में दक्षता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले उन सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित करने के लिए पांच पुलिस पदक आरंभ किए हैं जो तनावपूर्ण स्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हैं इन पदकों में केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक असाधारण आसूचना कुशलता पदक उत्कृष्ट गृहमंत्री पदक शामिल हैं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 आज का अधिकतम तापमान चौतीस छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान शून्य दशमलव एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई